उनका मानस हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया

शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष सूरोनबे जीनबेकोफ और अनेक विश्व नेताओं से मुलाकात करेंगे हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि शिखर सम्मेलन में अन्तूर्राष्ट्रीय मुद्दों बदलते तथा अस्थिर होते विश्व से जुड़े मुद्दों क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्थिरता में शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जायेगा कल एससीओ समिट के साथ साथ श्री मोदी कजाकिस्तान बेलारूस मंगोलिया और ईरान के राष्ट्रपति से भी मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री किर्गिज राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से इंडिया किर्गिज बिजनेस फोरम का शुभारंभ करेंगे और और शिष्टमंडल स्तर की वार्ता में भी हिस्सा लेंगे इस बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आठ सदस्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भाग ले रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में चार देशों के प्रमुख पर्यवेक्षक के रूप में भी भाग ले रहे हैं चीन के नेतृत्व वाला आठ सदस्यों का शंघाई सहयोग संगठन आर्थिक और सुरक्षा संबंधी समूह है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

विधेयक में तीन तलाक को दण्डिनीय अपराध ठहराया गया है और अपराधी को तीन साल तक की कैद और जूर्माने की सजा दी जा सकती है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

यह विधेयक सार्वजनिक हितों को पूरा करने में यूआईडीएआई को एक मजबूत तंत्र प्रदान करेगा इस संशोधन के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए तब तक आधार नम्बर या प्रमाणीकरण का नम्बर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसा करना संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत अनिवार्य न हो बैंक में खाता खुलवाने क लिए आम लोगों को सुविधा प्रदान करते हुए प्रस्तावित संशोधनों में प्रमाणीकरण हेतु आधार नम्बर उपलब्ध कराना स्वैच्छिक कर दिया गया है विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा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

ये विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाना है सरकार के इस प्रयास से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभावान छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों की तरफ आकर्षित होंगे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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा में पार्टी के नेता होंगे जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उप नेता होंगे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

इससे पहले निर्मला सीतारमन ने कृषि उद्योग और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार विमर्श किया था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

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वीर सपूतों का बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में जिला योजना समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिये पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि हमारा प्रयास है कि कानपूर शहर में पहले की तरह चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध हो प्रदेश में कई स्थानों पर कल आई आंधी और हल्की वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिली है वहीं तेज हवाओं के कारण पेड़ों के गिरने और वाहनों के टकरा जाने से हई घटनाओं में सोलह से अधिक लोगों की मौत हो गई

अन्य स्थानों पर भी उच्चतम तापमान में काफी कमी आई है

त्रफान और वर्षा के कारण आजमगढ़ कुशीनगर महाराजगंज लखीमपुर पीलीमीत बहराइच और अयोध्या में भी एक एक व्यक्ति की मौत होगयी सबसे ज्यादा मौतें पेड़ों के टूटने कच्चे मकानों के धंसने और उड़ते हुए तीन शेडों के कारण हुई

आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मुल्तान सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सदस्य राजनाथ सिंह सूय का आज लखनऊ में निधन हो गया

विभिन्न समाचार पत्रों से जुड़े रहे श्री सूर्य जानेमाने स्तंभकार थे